प्रदेश में हर्षोल्लास और श्रद्वा के साथ कल मनाया गया विजयदशमी का पर्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहारों के इस मौसम में बाजार से खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें जब हम त्योहार की बात करते हैं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है क्या क्या खरीदारी करनी है खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है इस बार त्यौहार पर नया क्या मिलने वाला है त्यौहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक द्रसरे से जुड़ी हुई है लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जायें तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हए हैं देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सुमन देवी का उदाहरण दिया जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के जरिये मास्क बनाना श्रू किया और आज उनका समूह हजारों की संख्या में खादी मास्क बना रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अकसर आत्म निर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अध्यात्म योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है उन्होंने कहा कि हमारा मलखम्ब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि य्वा पीढ़ी को मलखम्बी के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को देश की परम्परागत युद्ध कलाओं को भी जानना और सीखना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में पुलवामा पूरे देश को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि पेंसिल बनाने के लिए देश में लकड़ी आयात की जाती थी लेकिन अब पुलवामा पेंसिल बनाने के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है घाटी से चिनार की लकड़ी पेंसिल बनाने के काम में इस्तेमाल की जा रही है पुलवामा में उक्ख् गांव को पेंसिल विलेज के रूप में जाना जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोने वालों और देश को विभाजित करने वालों को हमेशा करारा जवाब दिया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से एकभारत डॉट जीओवी डॉट इन देखने की अपील की

श्री मोदी ने त्यौहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने और दो गज की दूरी बनाये रखने का सुझाव दोहराया श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की श्भकामनाए दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहत ही मुश्किल हो जाता सफाई कर्मचारी घर में काम करने वाले भाई बहन लोकल सब्जी वाले दूध वाले सिक्योरिटी गार्ड्स इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भांति महसूस किया है अब अपने पर्वो में अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी ख्शियों में जरुर शामिल करिये प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्यौहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्यौहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन र्वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन प्ररा देश आपके साथ है आपके लिए कामना कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के अनेक नये तरीके सामने आये उन्होंने झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया जिन्होंने खेतों से सीधे लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहंचाई प्रधानमंत्री ने कहा कि इकत्तीस अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया जिनकी पुण्य तिथि इकत्तीस अक्टूबर को है

श्री मोदी ने महर्षि वाल्मिकी को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों वंचितों और दलितों के दिलों में आशा की ज्योति दिखाई आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के बाराबंकी जिले की सुमन देवी का भी जिक्र किया सुमन देवी ने दूसरी अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कोरोना काल के दौरान मास्क बनाकर लोगों को उपलब्ध कराये सुमन देवी ने बताया महामारी चल रही थी तब हमने टीवी में और अपने मोबाइल न्यूज में देखा कि प्रवासी मजदूर दिल्ली मुम्बई कोलकाता सब बाहर से आ रहे थे कुछ हमारे गांव में भी बहुत आये थे दुकानों बाजार सब बंद थे और मास्क नहीं मिल पा रहे थे

प्रदेश में पिछले छत्तीस घण्टों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार बावन नये मामले सामने आये हैं राज्य में अब तक चार लाख छत्तीस हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर बान्नबे दशमलव सात दो हो गया है उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सत्ताईस हजार तीन सौ सत्रह सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के चिकित्सकीय उपचार के लिए ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से एक लाख बासठ हजार नौ सौ बान्नबे लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है उन्होंने लोगों से बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने त्यौहारों पर विशेष सावधानी बरतने और भीड़भाड़ इलाकों में जाने से बचने की अपील की है अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व कल प्रदेशभर में धार्मिक उल्लास और श्रद्वा के साथ मनाया गया कोविड नियमों का पालन करते हुए जगह जगह रामलीलाएं और मेलों का आयोजन किया गया था

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण लोगों ने दुर्गापूजा के लिए वर्चुअल पुष्पांजलि अर्पित की आज मॉ दुर्गा की प्रतिमाओं का कोविड नियमों के तहत विसर्जन किया जायेगा उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के चारों प्रमुख तीर्थस्थलों के कपाट बन्द करने की तिथियों की घोषणा कल विजयदशमी के अवसर पर कर दी गयी उत्तराखंड चार धाम देवास्थानम प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि इस साल बदरीनाथ मंदिर के कपाट उन्नीस नवम्बर को बन्द होंगे गंगोत्री धाम के कपाट दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर पन्द्रह नवम्बर तथा यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भाईदूज को सोलह नवम्बर को बन्द होंगे